मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्री कोविंद का हवाई अड्डे पर स्वागत किया इस मौक पर राज्यपाल राम नाईक और केन्द्रीय वित्त राज्यमंत्री शिव प्रताप शुक्ल भी मौजूद थे राष्ट्रपति का पदभार संभालने के बाद श्री कोविंद का गोरखपुर में यह पहला आगमन है राष्ट्रपति शाम को यहां कुछ गणमान्य व्यक्तियों से मुलाकात करेंगे

इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि सार्क ने बीते तीन दशक के दौरान प्रगति की है प्रधानमंत्री ने कहा कि क्षेत्र में आतंकवाद एक बड़ी चुनौती बना हुआ है और हर तरह के आतंकवाद को समूल ख़त्म करने की आवश्यकता है ताकि दक्षिण एशियाई देशों में आर्थिक विकास तेजो से हो सके और स्थिरता बरकरार रहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को कुम्भ मेला से संबंधित कामों को पन्द्रह दिसम्बर तक पूरा करने के निर्देश दिये हैं श्री योगी कल शाम प्रयागराज में इस सिलसिले में समीक्षा बैठक कर रहे थे उन्होंने कहा कि कुम्भ के धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व के मद्दनज़र श्रद्धालुओं और पर्यटकों को ज़रूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने में किसी तरह की शिथिलता नहीं बरती जानी चाहिए मुख्यमंत्री ने सेतु निगम जल निगम बिजली विभाग और नगर निगम के कामों की सघन समीक्षा करते हुए नैनी फ्लाई ओवर को समय से पूरा करने के निर्देश दिये साथ ही बिजली विभाग के अधिकारियों को कुम्भ मेले के दौरान चौबीस घंटे बिजली आपूर्ति सुनिश्चित किये जाने को कहा उन्होंने कहा कि कुम्भ मेला क्षेत्र शहर के प्रमुख स्थानों और प्रमुख सड़कों पर लगने वाले साइन बोर्ड देश की प्रमुख भाषाओं में लगाये जान चाहिए श्री योगी ने गंगा प्रदूषण के बारे में अधिकारियों को निर्देशित किया है कि गंगा और अन्य नदियों में किसी भी तरह का गंदा पानी न गिरे इस बात का विशेष ध्यान रखा जाये संसद का शीतकालीन सत्र परसों मंगलवार से शुरू हो रहा है

इस बीच सरकार ने दोनों सदनों में कार्यवाही के सुचारू संचालन के लिए कल सर्वदलीय बैठक बुलाई है राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने भी कल ही सर्वदलोय बैठक बुलाई है लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन मंगलवार को सभी राजनीतिक दलों के नेताओं से भेंट करेंगी अगले वर्ष होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले यह संसद का अंतिम पूर्ण सत्र होगा केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश की तस्वीर बदल रही है

उन्होंने कहा कि सरकार आम नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने के लिए प्रतिबद्ध है और इस दिशा में कई योजनाएं संचालित की जा रही हैं

उन्होंने कहा कि इस तरह की योजनाएं आम लोगों को अच्छे दिन आने का एहसास कराने के लिए काफी हैं

केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने जनपद के सभी अस्पतालों को उच्चीकृत करने की भी घोषणा की समारोह को केन्द्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल और स्थानीय सांसद व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर महेन्द्रनाथ पाण्डेय ने भी संबोधित किया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

पुलिस महानिदेशक के जनसम्पर्क अधिकारी ने आकाशवाणी को बताया है कि श्री अख़्तर की जगह गाजियाबाद के अपर पुलिस अधीक्षक मनीष मिश्रा को बुलंदशहर ग्रामीण में तैनाती दी गयी है पिछली तीन दिसम्बर को बुलंदशहर में भड़की हिंसा के बाद रईस अख़्तर ऐसे चौथे पुलिस अधिकारी हैं जिन्हें वहां से हटाया गया है पुलिस अधिकारियों को हटाने की ये कार्रवाई सरकार ने एडीजी अभियोजन एसवी शिरोडकर की रिपोर्ट मिलने के बाद की है शासन ने कल ज़िले के पुलिस अधीक्षक कृष्ण बहादुर सिंह एक क्षेत्राधिकारी और थाना प्रभारी को स्थानांतरित किया था ज़िले में कथित गौ हत्या के बाद भड़की हिंसा के मामले में पुलिस अब तक मुख्य अभियुक्त और सेना के जवान जोतेन्द्र मलिक उर्फ जीतू समेत दस लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है जीतू को गिरफ्तार करने के लिए राज्य पुलिस ने दो दिन पहले कई टीमें जम्मू कश्मीर भेजी थीं और विवरण हमारे लखनऊ संवाददाता से बुलंदशहर में पिछले सोमवार को कथित गौ हत्या के बाद भड़की हिंसा के मामले में अब तक दस लोगों को गिरफ्तार किया गया है इस हिंसा में पुलिस इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह और एक ग्रामीण युवक की मौत हो गई थी पुलिस ने बताया कि सेना ने जीतू को पूछताछ को लिए उत्तरप्रदेश विशेष पुलिस बल को सौंप दिया है पुलिस के अनुसार महाओ के निवासी जितेन्द्र मलिक उर्फ जीतू पर इंस्पेक्टर सुबोध सिंह की हत्या का संदेह है हिंसा के समय वह वह छुट्टी पर स्याना में था और घटना के तुरंत बाद वह जम्मू कश्मीर में ड्यूटी पर वापस चला गया था हिंसा के वीडियो फुटेज में जीतू दिखाई दिया और अन्य लोगों के साथ उसके खिलाफ एफ आई आर दर्ज की गई है सुशील चंद्र तिवारी आकाशवाणी समाचार लखनऊ केन्द्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत की गिनती दुनिया के ताकतवर देशों में हो रही है वह अपनी क्षमता से दिनों दिन हर क्षेत्र में प्रगति कर रहा है श्री सिंह आज मथुरा में जोएलए विश्वविद्यालय के सातवें दीक्षांत समारोह में बोल रहे थे उन्होंने कहा कि भारत ने विज्ञान के क्षेत्र में उल्लेखनीय तरक्को की है समारोह में श्री सिंह ने मेधावी विद्यार्थियों को स्वर्ण और रजत मेडल भी प्रदान किये बाद में उन्होंने वृन्दावन पहुंचकर श्री बांके बिहारी मन्दिर में विशेष पूजा अर्चना की रामपुर ज़िले में हुई एक सड़क दुर्घटना में चार लोगों की घटनास्थल पर मौत हो गयी है और चार लोग घायल हो गये हैं यह हादसा ज़िले के शहजादनगर इलाक में राष्ट्रीय राजमार्ग पर आज सुबह उस समय हुआ जब कोहरे की वजह से तीन वाहन आपस में टकरा गये घायलों को ज़िला अस्पताल में भर्ती कराया गया है जबकि गंभीर रूप से घायल एक व्यक्ति को बेहतर उपचार के लिए हायर सेन्टर रेफर कर दिया गया है पुलिस ने मृतकों में दो लोगों की पहचान कर ली है जबकि अन्य लोगों के बारे में जानकारी हासिल की जा रही है उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने आज लखनऊ में यूपीए चेयर पर्सन सोनिया गॉधी का जन्मदिन हर्षोल्लास से मनाया इस मौके पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मिठाईयां बांटी और हवन पूजन कर श्रीमती गॉधी के दीर्घायु होने की कामना की इस अवसर पर विधान परिषद में कांग्रेस दल के नेता दीपक सिंह पूर्व मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीको सहित पार्टी के कई वरिष्ठ नेता मौजूद थे केन्द्र सरकार ने सामान्य उपयोग में आने वाले कुछ चिकित्सा उपकरणों को औषधि और सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम में औषधि के रूप में शामिल कर लिया है इनमें नेब्यूलाइजर ब्लड प्रेशर मापने वाली मशीन डिजिटल थर्मामीटर और ग्लूकोमीटर शामिल हैं